जांच एजेंसी ने उन्हें कल रात नई दिल्ली में जोरबाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया चिदंबरम को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई मुख्यालय में रखा गया है और आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय से चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई मंगलवार से उनकी तलाश कर रही थी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की थी लेकिन उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कल होगी

चिदंबरम पर आरोप है कि यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने विदेशी निवेश के लिए स्वीकृति दी थी

पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस संबंध में मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था

वे तीस अगस्त को कार्यभार संभालेंगे और पीके सिन्हा का स्थान लेंगे

सरकार ने अजय कुमार को रक्षा सचिव नियुक्त किया है

मुम्बई में पत्रकारों से बात करते हए जलशक्ति मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह संधि को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वे केवल पाकिस्तान जाने वाले अतिरिक्त पानी को मोड़ने के बारे में कह रहे हैं श्री शेखावत ने कहा कि यह अतिरिक्त पानी भारत के किसानों और उद्योगों के साथ ही आम जनता को दिया जा सकेगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएंगे फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भूगतान पहले ही इलैक्ट्रॉनिक तरीके से कर दिया जाता है अब फास्टैग युक्त वाहन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर बनी विशेष लेन से बिना रूके गुजर सकेंगे

यह पुरस्कार सेबी बोर्ड की कल हई बैठक में अवैध कारोबार रोकने के स्वीकृत नियमों के अंतर्गत नए सूचना तंत्र के लिए बनाए गए नियमों का एक हिस्सा होगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नई चेतावनी पहली सितम्बर से लागू हो जाएगी

देश में द्ध की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पश्पालन और डेयरी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह जानकारी दी गई

अतिरिक्त महानिदेषक प्रलिस यातायात पंकज क्मार सिंह ने बताया कि सडक सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों की अनुपालना पर विषेष ध्यान दिया जायेगा

खेतों में पानी भर जाने के कारण जिले में हजारों बीघा फसलें गल गई हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है

पी वी सिंधू विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं

यह मैच आज भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से एंटीगा के नॉर्थ साउंड में शुरू होगा